इससे न केवल कम लागत आती है बल्कि प्राकृतिक उत्पादों के बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं

उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए वर्षो से अत्यधिक रसायनों का प्रयोग किया है जिससे न केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटी है बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक उत्पादों के विपणन में हर संभव सहायता करेगी कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए हिमाचल सबसे उपयुक्त राज्य है इस कार्यशाला में पदमश्री सुभाष पालेकर किसानों के साथ प्राकृतिक कृषि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा कर रहे हैं मौसम कार्यशाला मौसम विभाग प्रदेश के शिमला कुल्लू और डलहौजी में शीघ्र ही तीन डॉप्लर राडॉर स्थापित करेगा इसके लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है इन राडार के स्थापित होने पर मौसम विभाग क्षेत्रवार मौसम को लेकर पुर्वानुमान जारी कर सकेगा अभी तक केवल ज़िलावार ही पुर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं ये बात मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि मौसम परामर्श सेवा यूजर मीट के मौके पर कही ये कार्यशाला ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत आयोजित की गई उन्होंने कहा कि इन राडॉर के लगने से ओलावृष्टि बर्फबारी भारी वर्षा और बादल फटने जैसी स्थिति को लेकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी

इस योजना के जिले में पूरी तरह से लागू हो जाने पर सिरमौर में कोई भी व्यक्ति आवासहीन नहीं रहेगा

उन्होंने चयनित सूची को निर्धारित समय के भीतर कार्यरूप देने को कहा

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि भारत और तिब्बत की संस्कृति अभिन्न है तथा सदियों से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते रहे हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों ही संस्कृतियों का भविष्य में भी आपसी प्रेम और बंधुत्व कायम रहेगा

राज्यपाल ने कहा कि निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोग भारत में प्रेम एकता व सदभावना के साथ रह रहे हैं यही कारण है कि हमने तिब्बती समुदाय को कभी भी अपने से अलग नहीं माना आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे पैराग्लाईडिंग पहली इंटर सर्विसिज पैराग्लाईडिंग एक्यूरेसी चैम्पियनशिप आज कांगड़ा के बीड बिलिंग में आरम्भ हुई

उन्होंने उम्मीद जताई कि ये आयोजन सर्विसिज आसाम राईफल और बीएसएफ के पैराग्लाईडरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुभव का लोहा मनावाने में सहायक सिद्ध होगी

आपदा प्रबंधन किन्नौर ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ में आज ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और हिप्पा द्वारा संयुक्त रूप से घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला आरम्भ हई कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा कि घटना प्रतिक्रिया प्रणाली आपदा से निपटने के लिए एक बेहतरीन प्रणाली है जिसे अपनाकर किसी भी तरह की आपदा के समय राहत व बचाव कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है उन्होंने अधिकारियों का आहवान किया कि वे घटना व आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करें क्षयरोग क्षयरोग उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सोलन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में सरकारी व निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को क्षयरोग के खातमे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई